शिक्षा नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब की आज यहां विशेष बैठक में नयी शिक्षा नीति के मसौदे पर गंभीर विचार विमर्श हुआ और बोर्ड ने इस पर अपनी मुहर लगा दी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में केब की बैठक में केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रह्लाद सिंह पटेल और खेल एवं युवा मामले के मंत्री किरेन रिजिजू तथा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा विभिन्न विश्वविद्यालय के क्लपतियों के अलावा उच्च शिक्षा सचिव आर सुब्रह्मणयम तथा स्कूली शिक्षा सचिव रीना रे ने भाग लिया

श्री निशंक ने इस अवसर पर प्लेगरिस्म का पता लगाने के लिए शोध शुद्धि नामक सॉफ्टवेयर लांच किया इस सॉफ्टवेयर से एक हजार विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान जोड़े गये हैं

हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल दो नवम्बर को और महाराष्ट्र का नौ नवम्बर को समाप्त हो रहा है उन्होंने पर्यावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने प्रचार अभियान के दौरान प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें

झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है इस सीट से विजयी रहे भाजपा के जी एस डामोर के इस्तीफे के बाद से यह सीट खाली है

बाद में भाजपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया और श्री डामोर झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गये छत्तीसगढ़ की चित्रकूट विधानसभा सीट पर भी इन्हीं तिथियों में उप चुनाव होगा लोकार्पण मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय का लोकार्पण किया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

इस बार अच्छी खबर में आप जानेंगें प्लाटर ऑफ पेरिस पीओपी की मूर्तियों के सुरक्षित और सम्मानजनक विसर्जन के बारे में

राहत शिविरों में रह रहे लोगों को भोजन पानी दवाईयां उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न संस्थाओं के समाजसेवी सहयोग कर रहे हैं

खंडवा जिले में जिन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के गांव में टीकाकरण का प्रतिशत कम है वहां टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा

राजधानी भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाये रहने के साथ ही गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है किकेट भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम ट्वेंटी ट्वेंटी किकेट मैच कल शाम सात बजे से बैंगलूरू में खेला जाएगा मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के राजधानी चैनल और एफएम रेनबो चैनल से प्रसारित होगा तीन मैचों की श्रृंखला में भारत एक शून्य से आगे है वहीं विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में रूस के एकातेरिनबर्ग में आज अमित पंघल का मुकाबला उजबेकिस्तान के मौजूदा ओलिम्पिक चैम्पियन शाकोबिदिन जोइरोफ से होगा

प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले अमित पहले भारतीय हैं

इस दौरान लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई

इस योजना के पात्र हितग्राही जिन्हें किसी प्रकार की शल्यचिकित्सा या प्रकिया की आवश्यकता है वे शिविर में आकर लाभ उठा सकते हैं